शिमला में हो रही भारी बर्फबारी के कारण राजधानी की सभी सड़कों पर आज सुबह से ही यातायात ठप्प है शिमला से आगे हिन्दुस्तान तिब्बत सड़क और शिमला से रोहडू व शिमला से चौपाल के लिए भी यातायात भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गया है शिमला कालका सडक पर भी आज दिनभर यातायात कई स्थानों पर बाधित रहा और लोगों को लम्बे लम्बे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा शिमला में अभी तक एक फ्ट से अधिक हिमपात दर्ज किया जा चुका है जबकि क्फरी और नारकंडा में दो दो फृट बर्फबारी दर्ज की गई है

जिलाधीश अमित कश्यप ने बताया कि इन स्कूली बच्चों को जिला प्रशासन ने आई आई एच एम कुफरी और टैरिटोरियल आर्मी यूनिट कुफरी में रहने की व्यवस्था की है

उधर प्रसिद्व पर्यटक स्थल मनाली में भी लगभग दो फुट ताजा हिमपात दर्ज किया जा चुका है इस कारण मनाली के कलाथ से आगे यातायात बंद है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में भारी बर्फबारी के बाद हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है इसे देखते हए ज़िला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा है जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर हो रही बर्फबारी से पैदा स्थिति का जायजा लिया मुख्यमंत्री प्रदेश सचिवालय से अपने सरकारी आवास ओक ओवर तक पैदल आए और इस दौरान रास्ते में बर्फ हटाने के कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को स्थिति को शीघ्र सामान्य बनाने के निर्देश दिए ताकि बर्फबारी के कारण आम जनता और पर्यटकों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े उन्होंने उपायुक्त शिमला को बर्फबारी के दौरान आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित रखने और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही अति शीघ्र बहाल करने को भी कहा मुख्यमंत्री ने रास्तें में आम लोगों और पर्यटकों से भी बर्फबारी को लेकर बातचीत की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा ज़िला के जस्वां परागपुर में लोक निर्माण और आईपीएच विभाग के नए उपमंडल तथा रक्कड़ में आईपीएच विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कांगड़ा के कोटला बेहड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हए ये घोषणा की जयराम ठाकर को आज जस्वां परागपुर का दौरा करना था लेकिन शिमला में भारी बर्फबारी के कारण वे इस दौरे पर नहीं जा सके उन्होंने संसारपुर टैरेस में अग्निशमन केंद्र खोलने और राजकीय माध्यमिक स्कूल कस्बा जागिर को हाई स्कूल में स्तर्रोन्नत करने की भी घोषणा की अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में वही सफल होता है जो कड़ी मेहनत करता है इसलिए विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करके अपना लक्ष्य हासिल करना चाहिए अनिल शर्मा आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे अनिल शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल व अन्य गतिविधियों में भी बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने आज मनाली विधानसभा क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्य की प्रगति की समीक्षा की

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिक्षकों का आहवान किया कि वे अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी व निस्वार्थ भाव से निवर्हन करें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके उन्होंने कहा कि शिक्षक जब स्कूलों में शिक्षा का वातावरण तैयार करेंगे तभी वार्षिक परिणाम अच्छे आ सकते हैं डॉक्टर बिंदल आज नाहन विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुरखोल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे